बैठक के पहले दिन तीन सत्रों के माध्यम से मिशन रिपीट के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना सह प्रभारी संजय टंडन व पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य वक्ताओं ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया देर शाम हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित मंत्री व विधायक भी मौजूद रहे आज दूसरे दिन की बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे

उन्होंने सभी विभागों को टीकाकरण अभियान के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए

परीक्षाएं प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आठवीं दसवीं और जमा दो कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है

उमंग फाउंडेशन सामाजिक संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र को पत्र लिखकर कॉलेजों व स्कूलों में नए दाखिल हुए दिव्यांग विद्यार्थियों को तुरंत हॉस्टल देने की मांग की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा निःशुल्क की है मगर इसके बावजूद भी कुछ स्कूलों व कॉलेजों के सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं किया गया हैं जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं मिशन रिपीट के लिए ब्रथ स्तर तक सरकारी योजनाएं बताएं मंत्री विधायक

पंजाब केसरी ने लिखा है ग्राम सभा से विधानसभा तक के नए नारे के साथ काम करेगी भाजपा डेमोकेसी हिमाचल का कहना है भाजपा द्रनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल सबसे हटकर है काम करने का तरीका आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है भाजपा का काम करने का तरीका सबसे मजबूत

चार नगर निगमों के चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने के लिए ड्राफट रूल तैयार दैनिक भास्कर की एक खबर है दिव्य हिमाचल ने फोरेस्ट कवर एरिया बढ़ा फिर भी बंदिशें बरकरार शीर्षक से लिखा है सुप्रीम कोर्ट से हर शपथ पत्र में राहत की मांग कर रहा हिमाचल खाने की थाली सब्जी मीट और चाय के दाम में लगी आग अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल की छह झीलों में फिर आएगी जान शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है एनजीटी के आदेश पर मुख्य सचिव ने गठित की कमेटी